वे आज कर्नाटक में युवा शक्ति नये भारत की परिकल्पना विषय पर युवाओं के सम्मेलन को वीडियो कां फ्रें सिंग के जरिए संबोधित कर रहे थे प्रधानमंत्री ने तीन पूर्वोत्तर राज्यों के चुनावी नतीजों के बारे में कहा कि पुरानी नीतियों के कारण पूर्वोत्तर के लोग अलग थलग महसूस करने लगे थे लेकिन पिछले चार वर्षों में एनडीए सरकार की नीतियों ने इस अंतर को पाट दिया है और लोगों ने एनडीए को वोट देकर विभाजन की राजनीति को खारिज कर दिया युवाओं के बारे में श्री मोदी ने कहा कि हर संवाद में युवा पीढ़ी से कुछ न कुछ सीखा जा सकता है उन्होंने कहा कि भारत आज विश्व का सबसे युवा देश है

श्री मोदी ने कहा कि यह युवा ऊर्जा देश का भाग्य बदल सकती है प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के युवाओं में विचारों की कमी नहीं है और नवाचार ही बेहतर भविष्य का आधार है

इसकी सहयोगी इन्डिजिनियस पीपुल्स फ्रन्ट ऑफ त्रिपुरा को आठ सीटें मिली हैं

मेघालय और नगालैंड में त्रिशंकु विधानसभा बन रही है

मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा है कि पूर्वोत्तर राज्य में मिली जीत लोगों का भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास दिखाती है देहरादून के भाजपा मुख्यालय में आज पत्रकारों को सम्बोधित करते हुए श्री रावत ने कहा कि उत्तर पूर्वी क्षेत्र में सरकार बनना एक सपने का पूरा होने जैसा है उन्होंने उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में शून्य से शिखर तक पहुंचने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की योजनाओं को प्रभावी बताया

रोक राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी के निर्देश के बाद हरिद्वार में गंगा और उसकी सहायक नदियों में खनन पर रोक लगा दी गई है उत्तराखण्ड वन विकास निगम ने इस खनन पर रोक लगाने संबंधी आदेश जारी कर दिए हैं

योग महोत्सव अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव के चौथे दिन आज ऋषिकेश में दर्शन योग के बारे में जानकारी दी गई इस अवसर पर केरल से आए योग गुरु योगी जयदेव ने कहा कि योग शिक्षा एक आध्यात्मिक साधना है आत्म साक्षात्कार के लिए योग साधना आवश्यक है योग प्र शिक्षार्थियों को दर्शन योग के बारे में बताते हुए योगी जयदेव ने कहा कि रोजमर्रा की बीमारियां योग साधना से ही दूर हो सकती हैं इस दौरान योग महोत्सव में देश विदेश से आए प्रमुख योगचार्यों द्वारा योग की विभिन्न विधाओं से प्रशिक्षार्थियों को रूबरू कराया गया

इस बार बोर्ड परीक्षाओं के मद्देनजर प्रदेश में सार्वजनिक समारोह शादियों और धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकरों के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है

परीक्षा के लिए प्रदेशभर में एक हजार तीन सौ नौ परीक्षा कें द्र बनाए गए हैं मौसम कल रात प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में हुई बारिश से राज्य का मौसम सुहावना हो गया है प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी जबकि निचले वाले स्थानों में बारिश हुई पिथौरागढ़ चमोली और उत्तरकाशी जिलों के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी होने के समाचार हैं कल रात मौसम के करवट बदलने के बाद चमोली के गौरसों बदरीनाथ हेमकुंड रू द्र नाथ और चोपता में हल्की बर्फबारी हुई हल्की बारिश और बर्फबारी होने के चलते मौसम में ठण्डक लौट आई है मैदानी इलाकों में भी देर रात बारिश होने के बाद आज मौसम सुहावना बना रहा प्रदेश के मौसम विभाग के अनुसार राज्य के अधिकांश हिस्सों विशेषकर कुमां ऊ क्षेत्र में हल्की बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है विभाग का मानना है कि कल आसमान में आंशिक तौर पर बादल छाए रहेंगे जबकि आने वाले दिनो में राज्य में मौसम आमतौर पर साफ बना रहेगा

पत्रकार वार्ता उत्तरकाशी जिला प्रशासन का कहना है कि जिले की जोशियाडा झील में पर्यटन का विकास करना उसकी प्राथमिकता है पत्रकारों से बातचीत में जिलाधिकारी डॉ आशीष चौहान ने जिले में हो रही नवीन कार्यों की जानकारी दी उन्होंने कहा कि विश्व थियेटर दिवस के मौके पर गंगोत्री में जिले की संस्कृति के साथ सामाजिक संदेश वाहक फिल्म का प्रदर्शन किया जायेगा इसके लिए कवायद शुरू कर दी गई है जिलाधिकारी ने कहा कि जिले में स्वच्छता अभियान को फैलाकर लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जा रहा है उन्होने कहा कि विकासात्मक कार्यो को गति देना और आम आदमी की समस्याओं का निस्तारण करना उनकी प्राथमिकता है चौपाल चमोली जिले के गंगोल गांव में आज चौपाल लगाकर चौकी प्रभारियों ने ग्रामीणों को कानून से संबंधित जानकारियां दी इस दौरान पुलिस ने लोगों को बैंक एटीएम फ्रॉड के साथ ही घरेलू हिंसा महिला हिंसा नशे की लत आदि के प्रति सजग रहने की जानकारी दी इसके अतिरिक्त लोगों को कन्या भ्रूण हत्या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओं के प्रति भी लोगों को जागरूक किया इस दौरान पुलिस ने जनजागरुकता के लिए तैयार किये गये फोल्डर और कलेंडरों का भी ग्रामीणों में वितरण किया मुआवजा उत्तरकाशी जिले के पटारा गांव के ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें ऑल वेदर रोड परियोजना के लिए अधिग्रहित जमीन का मुआवजा तय दर से कम दिया जा रहा है उन्होंने कहा है कि इस मसले का समाधान न होने पर वे सात दिन के भीतर ऋषिकेश गंगोत्री राष्ट्र ी य राजमार्ग पर चक्का जाम करेंगे राष्ट्रीय राजमार्ग से सटे पटारा गाँव के ग्रामीणों का आरोप है कि पहले उन्हें जमीन के मुआवजे में सर्किल रेट पर भुगतान की बात कही गयी और फिर सर्किल रेट के चार गुना देने की

इस मौके पर नवप्र शिक्षित रि क्रूटों ने परेड का आयोजन कर पुनरीक्षण अधिकारी ब्रिगेडियर इं द्र जीत चटर्जी को सलामी दी

परेड को संबोधित करते हुए ब्रिगेडियर इं द्र जीत चटर्जी ने कहा कि नव प्रशिक्षित सैनिकों ने सेना में भर्ती होकर अपने जीवन का सर्वो त्ताम निर्णय लिया है उन्होंने कहा कि रेजीमेंट की वीरता के चर्चा पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं

प्रतियोगिता का पहला मैच आईएएस और आईपीएस के बीच खेला गया अन्तर्विभागीय िक्र के ट प्रतियोगिता के आयोजकों को बधाई देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आज के व्यस्त समय में खेलों पर भी ध्यान देना जरूरी है